देश में होंगे द्बई जैसे शॉपिग फेस्टिवल

मुख्यमंत्री मेट्रो मुख्यमंत्री ने आज इंदौर में साढ़े सात हजार करोड़ रूपए की लागत वाली मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी इस परियोजना से आर्थिक राजधानी में शहरी परिवहन के नए अध्याय की शुरूआत हो रही है

मेट्रो के रास्ते का अधिकांश हिस्सा जमीन के ऊपर होगा जबकि कुछ हिस्सा भूमिगत होगा

उन्होंने कहा है कि प्रदेश में औद्योगिक निवेश की अपार संभावनाएं है उन्होंने कहा कि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये अगले माह में मैग्नीफिशेन्ट इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा वित्तमंत्री निर्यात केन्द्र सरकार ने निर्यात को बढावा देने और आवासीय क्षेत्र में सुधार लाने के लिए आज अनेक उपायो की घोषणा की वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से चर्चा करते हए निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए वाणिज्यिक उत्पादों पर कर और शुल्क के बोझ को कम करने की एक नई योजना की घोषणा की उन्होंने कहा कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पांच खरब रुपए खर्च किए जाएंगे साथ ही वस्तु और सेवाकर जीएसटी में इनपुट कर क्रेडिट का रिफंड देने के लिए पूर्ण रूप से स्वसचालित इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था इस महीने के अंत तक लागू हो जाएगी वित्तमंत्री ने बताया कि दुबई शॉपिंग फेस्टिवल की तर्ज पर देश में भी चार स्थानों पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएंगे इनमें मुख्य् रूप से हस्तशिल्प योग पर्यटन वस्त्र और चमड़ा उद्योग पर जोर दिया जाएगा वित्तमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान खरीदने के पात्र लोगों को ऋण की सुविधा प्रदान करने के लिए रिजर्व बैंक के परामर्श से ईसीबी के दिशानिर्देशों में छूट दी जाएगी

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट कार्य करने के लिये केन्द्रीय विद्यालय संगठन को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार के लिये प्रथम स्थान पर चयनित किया गया था एमपी आउटलेट प्रदेश सरकार ने राज्य भर में एक ही आउटलेट में चिकन और दूध बेचने की परियोजना शुरू की है इसके लिये भोपाल में एक आउटलेट खोला गया है राज्य पशुपालन मंत्री लाखन सिंह का इस बारे में कहना है कि इसके खुल जाने से लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाले अंडे और दूध मिलेंगे वहीं भाजपा ने इसका विरोध किया है पार्टी के विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम आपत्ति कर रहे हैं क्योंकि गाय के दूध को चिकन और अंडे के साथ बेचा जा रहा है इससे लोगों की धार्मिक भावना आहत हो रही है व्यापम सजा व्यापम से जुड़े मामलों में केन्द्रीय जांच ब्यूरो के विशेष न्यायाधीश ने आज दो परीक्षार्थियों को दोषी पाये जाने पर सात वर्ष के कारावास की सजा सुनायी है हालांकि व्यापम के तीन तत्कालीन कर्मचारियों को सब्रत के अभाव में बरी कर दिया है

इस परीक्षा में ओएमआर शीट का लिफाफा खोला गया था तो उसमें दो ओएमआर शीट गायब थी

अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री ने अपना जीवन देश की सेवा विशेषकर गरीबों की सेवा के लिए समर्पित कर रखा है उन्होंने कहा कि इसलिए यह स्वाभाविक है कि पार्टी श्री मोदी के जन्मदिन को विभिन्न गतिविधियों में भाग लेकर मनाए

इस अवसर पर प्रदेश में भी सेवा सप्ताह के दौरान अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है हिन्दी दिवस आज हिन्दी दिवस है

सरकार ने राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी हिन्दी का उपयोग हो रहा है प्रदेश में हिन्दी दिवस के मौके पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है

कार्यक्रम में हिन्दी के जाने माने साहित्यकार अपनी रचनाओं का पाठ करेंगे वहीं होशंगाबाद जिले से हमारे संवाददाता ने बताया कि सभी सरकारी निजी संस्थानों सहित स्कूल कालेजों में भी हिन्दी लेखन कविताओं पर कार्यक्रम आयोजित किये गये प्रदेश के अन्य जिलों में भी हिन्दी दिवस के मौके पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किये गये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

इस खबर में आप जानेंगें घर घर से कचरा उठाने और सफाई से जुड़े वाहनों की निगरानी के लिये ली जा रही तकनीकी मदद के बारे में इससे शहर को साफ रखने में काफी मदद मिल रही है शहडोल शराबबंदी शहडोल जिले के जयसिंह नगर विकासखंड की आदिवासी बाहुल्य ग्राम पंचायत गिरूई खुर्द ने शराबबंदी का निर्णय लिया है ग्राम पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र के तीन गांवों में शराब बनाने और पीने पर पूरी तरह से रोक लगाने के लिये संकल्प पारित किया है इसकी सूचना जिला प्रशासन और जैयसिंहनगर पुलिस को भी दी गई है पंचायत के मुताबिक कई घरों में अनाधिकृत तौर पर शराब बनाई जाती है शराब के कारण गांव के युवा भटक रहे हैं और लोग नशे के आदि हो रहे हैं

आगरमालवा जिले में भारी बारिश हो रही है जिससे सोयतकलां के घरों में कंठाल नदी का पानी भर गया

उनका नाम बहादुरी पुरस्कार के लिये भी भेजा जाएगा